प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से देश के विकास के लिए समाज में शांति सौहार्द और एकता सुनिश्चित करने का कहा है वे आज सुबह नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के सांसदों से राष्ट्र हित सर्वोपरि रखने का आग्रह किया बाइट विकास हमारा मंत्र है विकास के लिए शांति रहना चाहिए एकता रहना चाहिए सद्भावना रहना चाहिए यह सिर्फ हमको बोलना नहीं हर एक बीच में लीड देना चाहिए देशहित के सुपरमेसी लाने के लिए सबका विकास और सबका विश्वास यह मंत्र लेते हुए मनसा वचसा कर्मणा ये तीन सिद्धांतों के साथ हमको चलना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा अपने गौरवशाली समृद्ध इतिहास को समेटे हुए हैं उन्होंने कहा कि ब्रज के विकास में कोई भी बाधा आड़े नहीं आयेगी उन्होंने कहा कि ब्रज की पवित्रता सात्विकता वैष्णव भाव और भक्तिभाव को लेकर पूरी दुनिया अभिभूत है

उन्होंने कहा कि मथुरा में पानी की समस्या को लेकर जल संचयन योजना पर काम चल रहा है और सरकार का मंतव्य है कि ब्रज के घर घर में शुद्ध और मीठा जल पहुंचे उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में देश की कई बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन वर्ष पहले अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ था और दो वर्ष पहले बरसाना में रंगोत्सव का उन्होंने कहा कि गंगा को शुद्ध करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है शीघ्र ही यमुना भी अविरल दिखाई पड़ेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली कार्यक्रम में भाग लिया

प्रसिद्ध लड्डू होली में लड्डू रंगों और अबीर के साथ होली खेलने का रिवाज है

रंगोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा और इसके लिये पूरा बरसाना शहर फूलों और रंगों से सज जायेगा मथुरा से मोहम्मद उमर कुरैशी के साथ सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वे ट्विटर फेसबुक यू ट्यूब और इंस्टागाम समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने पर विचार कर रहे हैं एक ट्वीट संदेश में कल श्री मोदी ने देश को सोशल मीडिया से दूर रहने की अपनी योजना के बारे में बताया हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोशल मीडिया पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेताओं में हैं

इस व्यक्ति की पहचान शाहरूख के रूप में की गई है इसे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है घटना के बाद से यह व्यक्ति फरार था गिरफ्तार शाहरूख से इस मामले में पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है दिल्ली सरकार ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों में से एक पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की है केन्द्रीय गृह मंत्रालय से दया याचिका मिलने के कुछ मिनट बाद ही कल यह सिफारिश की गई और फाइल उप राज्यपाल को भेज दी गई केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पवन गुप्ता की दया याचिका कल मिली थी

दिल्ली की अदालत ने कल निर्भया सामूहिक द्ष्कर्म मामले के चारों दाषियों की फांसी अगले आदेश तक स्थगित कर दी इन्हें आज सुबह छह बज फांसी दी जानी थी अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने कहा कि पवन की दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसले के पहले फांसी नहीं दी जा सकती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

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत का आंतरिक मामला है जा कानून बनाने के भारतीय संसद के सार्वभौमिक अधिकार से जुड़ा है मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि देश की सार्वभौमिकता से जुड़े मुद्दे पर किसी दूसरी संस्था को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है उनका यह बयान नागरिकता संशोधन कानून के बारे में उच्चतम न्यायालय में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की हस्तक्षेप याचिका दायर किये जाने के बाद आया है श्री रवीश कुमार ने कहा कि सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध है और भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है उन्होंने कहा कि यह देश के विभाजन की त्रासदी से उत्पन्न मानवाधिकारों के मद्दे के संबंध में भारत की लम्बे समय से चली आ रही राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है प्रवक्ता ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कानून का शासन है उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका में लोगों का पूरा विश्वास है और वे इसका सम्मान करते हैं

उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रियों का समूह लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है बाइट जो एम्बेसी के ऑफीसर्स हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं वो ईरान के ऑफीसर्स के साथ ट्रैवल के संदर्भ में जो एडवाइजरी वगैरा हैं और हमें फॉलो करना है कि इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स के बारे में कंटीनुअसली इन टच विशेषकर ईरान इटली कोरिया और सिंगापुर इन स्थानों पर जितना भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल है उसको पूरी तरह से एवॉइड करें सरकार की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर सारी चीजों को निरंतर मॉनीटर किया जा रहा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यदि लोग कुछ एहतियाती उपाय करें तो इस वायरस पर काबू पाया जा सकता है बाइट कोरोना वायरस वायरल इंफेक्शन है जो ड्रोपलेट इंफेक्शन से फैलता है कोई खांसता है तो उसके खांसने के जो ड्रोपलेट्स हैं वो जब दूसरा इन्सान इनहेल करता है तो उसके साथ वो सांस की नाली में पहुंचने से इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं कोरोना वायरस से बचना है तो दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं

आगरा में नमूनों की जांच के दौरान हाई वायरल के छह मामलों की जानकारी मिली है

इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है इंटीग्रेटेड डिजोज सर्विलेंस प्रोग्राम नेटवर्क के जरिये उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जिनके सम्पर्क में यह छह लोग आये

आज उन्हें सुबह दिल्ली सफदरगंज अस्पताल भेज दिया गया है आगे के मैनेजमेंट के लिये जनता से और मरीजों से ये अपील है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है नार्मल जुकाम बुखार का सीजन भी चल रहा है तो उसे कोरोना वायरस से न जोड़े जब तक कि वो किसी ऐसे मरीज के सम्पर्क में न हो जो विदेश में दौरा करके आया है

हाथ साबुन से धोये और चेहरे पर बार बार टच न करे आगरा में जिलाधिकारी न इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक के बाद अस्पतालों में संभावित मरीजों के लिये आइसोलेशन वाड तैयार कराने के निर्देश दिये गये हैं